अभी तक मिले रुझानों के अनुसार सुजानगढ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार मेघवाल और सहाड़ा पर कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से चल रहे हैं वहीं राजसमन्द में भाजपा प्रत्याशी दीप्ती किरण माहेश्वरी बढ़त बनाए हुए हैं इस बीच सूजानगढ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार मेघवाल कोविड संक्रमित हो गये हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री ने अपील की है कि राजनैतिक दलों के नेता कार्यकर्ता विजेता और समर्थक सभी चुनाव परिणामों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बर्ताव करें उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण वर्तमान में बनी हुई स्थिति को देखते हुए हम सभी का अनुशासनात्मक व्यवहार बेहद आवश्यक है इधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनाव के नतीजे देर शाम तक आने की संभावना है कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज भी टीके लगाए जा रहे हैं

इस बीच रूस में बनी कोविड वैक्सीन स्प्रतनिक वी की पहली खेप विशेष उडान से कल भारत पहुंची

देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाया जाने वाला यह तीसरा टीका होगा कोविड के इलाज के लिए भारत को विदेशों से लगातार दवाएं चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन मिल रहे हैं कल रात अमरीका और उज़्बेकिस्तान से एक और विमान एक हजार ऑक्सीजन सिलेंडर रेग्यूलेटर और अन्य जरुरी सामान लेकर भारत पहुंचा विदेश मंत्रालय ने इस सहयोग के लिए दोनों देशों की सरकारों को धन्यवाद दिया है

जर्मनी अगले सप्ताह एक सचल मोबाइल उत्पादन और फिलिंग संयंत्र भारत भेजेगा भारत ने बेल्जियम से आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की नौ हजार शीशियों की खेप आने का भी स्वागत किया है केंद्र सरकार ने राज्यों को रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति बढा दी है रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौडा ने कहा कि रेमडेसिविर कें उत्पादन में तेजी और उपलब्धता में बढोतरी की समीक्षा के बाद इसकी आवंटन योजना में संशोधन किया गया है

जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने जिला कलेक्टर से बातचीत कर पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली थी

इसके बाद अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई जिला कलेक्टर ने सेटेलाइट अस्पताल को कोविड केयर से ंटर के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा की

केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए करदाताओं के लिए कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है

सीबीएसई ने इस साल की दसवीं की परीक्षा कोरोना महामारी के चलते रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है